केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बीते कल ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन और भत्तों के ढांचे में संशोधन को मंजूरी देने के बाद डाकसेवकों ने हड़ताल खत्म करने का एलान किया अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेंद्र शर्मा ने बताया कि ग्रामीण डाकसेवकों ने आज से नियमित रूप से काम करना शुरू कर दिया है

नगर परिषद के मुख्य कार्यालय में मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित की जाएंगे जागरूकता शिविर राज्य महिला आयोग द्वारा सोलन ज़िले के नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन सम्मेलन कक्ष में महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर लगाया जाएगा

इन दोनों शिविरों की अध्यक्षता आयोग की अघ्यक्ष डेज़ी ठाकुर करेंगी

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने से तापमान में वृद्वि दर्ज की जा रही है और लोगों को एक बार फिर उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

हिमाचल दस्तक का शीर्षक है नेरचौक में इसी माह शुरू होगी मेडिकल यूनिवर्सिटी इस बार काउंसिलिंग भी वहीं पर

जबकि दैनिक भास्कर मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है वीरमद्र सरकार में शराब बेचने को बनी कॉपोर्रेशन की होगी विजिलेंस जांच

अनाडेल में उतरेगी हेलिटैक्सी शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है चंडीगढ़ से शिमला सेवा के लिए इस्तेमाल को रक्षा मंत्रालय की सैद्वांतिक मंजूरी अमर उजाला ने खबर दी है तीन हजार स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षाएं होंगी शुरू

शिमला के जल संकट का समाधान तलाशने लगा केंद्रीय जल आयोग शीर्षक से खबर को दैनिक सवेरा टाइम्स ने प्रमुखता दी है वहीं अजीत समाचार का कहना है केंद्रीय जल आयोग ने शिमला के प्राकृतिक स्त्रोत के पानी को ट्रीट करने का दिया सुझाव

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय क्यों पिछड़े विद्यार्थी में लिखा है कि सरकारी स्कूलों में आठवीं तक फेल न करने की नीति से शिक्षा का स्तर गिरा है और इसे दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय प्लास्टिक के खिलाफ युद्व में प्रदेश में थर्मोकोल के प्लेट और गिलास पर प्रतिबंध लगाने के मुख्यमंत्री के फैसले की सराहना की है आपका फैसला ने अपने संपादकीय में सांसद शांता कुमार द्वारा किसानों को नकद सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र पर विचार व्यक्त किए हैं शीर्षक है शांता का सुझाव